बजट में नारी शक्ति और निम्न वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण पर जोर दिया गया है

बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी भी की गई है साथ ही मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में की गई कटौती भी पहली अप्रैल से बहाल हो जाएगी बजट पर कोरोना महामारी का असर स्पष्ट दिखाई दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है ऐसे में प्रभावी कर अनुपालना भारत सरकार के सहयोग और बेहतर वित्तीय प्रबंधन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी

अगले वित्त वर्ष का यह बजट महिला कल्याण और सशक्तिकरण सामाजिक सुरक्षा विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं का सुद्दढीकरण व विस्तार किसानों की आय में वृद्धि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना रोजगार सुजन औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल और शिक्षा में गुणवत्ता पर आधारित है

वहीं शग्न नाम से नई योजना की भी घोषणा की गई है

इसके अलावा सरकार विभिन्न विमागों में खाली कार्यशील पदों को भी भरेगी जिनमें पुलिस कर्मी बिजली बोर्ड में तकनीकी पद परिवहन निगम में चालक व परिचालक कनिष्ठ अभियंता सहायक अभियंता राजस्व विभाग के कर्मी पश्पालन विभाग में डॉक्टर व कर्मी शहरी निकायों के लिए स्टाफ पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सहायक जेओए आईटी तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक और इंस्ट्रक्टर शामिल हैं

मुख्यमंत्री ने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की